उत्तराखण्ड बोर्ड की परीक्षाओं में एक बार फिर लड़कियों ने मारी बाजी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सवेरे ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात करेंगे

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि पार्टी ने देश को एक स्थिर पारदर्शी और भरोसेमंद सरकार दी है एन डी ए सरकार के चार वर्ष पुरा होने के अवसर पर नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में सरकार की उपलब्धियां गिनाते हए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतत्व में एनडीए सरकार ने वंशवाद जातिवाद और तृष्टिकरण की राजनीति को विकास की राजनीति में बदल दिया है श्री शाह ने कहा कि भाजपा ने कड़ी मेहनत करने वाला प्रधानमंत्री दिया जो दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता हैं भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि एनडीए सरकार ने कीमतों पर काब पाने में सफलता प्राप्त की और देश की अर्थव्यवस्था द्वनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उन्होंने कहा कि इस समय निर्णय लेने वाली सरकार है जिसने नोटबंदी और जीएसटी लाग करने जैसे अहम फैसले लिए श्री शाह ने कहा कि देश में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां बिजली न पहंची हो और यह काम सरकार ने निर्धारित समय से पहले कर दिखाया उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने किसानों और गरीबों के कल्याण के लिए अपने वादों को पूरा किया है परीक्षाफल उत्तराखण्ड बोर्ड की परीक्षाओं में एक बार फिर छात्राओं ने बाजी मारी है हाईस्कूल की परीक्षा में उधमसिंनगर के खटीमा की काजल प्रजापति ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है उन्होंने अठानब्बे दशमलव चार शृन्य प्रतिशत अंक प्राप्त किए वहीं इण्टरमीडिएट की परीक्षा में उधसिंह नगर के ही जसपुर के दिव्यांशी राज ने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त करने में सफलता हासिल की उन्होंने भी अठानब्बे दशमलव चार शन्य प्रतिशत अंक हासिल कर यह सफलता पाई है

उन्हें कुल सतानबे दशमलव आठ शुन्य प्रतिशत अंक प्राप्त हए हैं वहीं इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं में दसरे स्थान पर खटीमा के सचिन चन्द्र ने सतानब्बे दशमलव चार प्रतिशत के साथ दूसरा जबकि नैनीताल के हल्सॉ के गर्वित कुमार ने छियानब्बे दशमलव छह शुन्य अंक के साथ प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है गौरतलब है कि इस साल दसवीं का क्ल परीक्षा परिणाम चौहत्तर दशमलव पांच सात प्रतिशत जबकि बारहवीं का अठहत्तर दशमलव नौ सात प्रतिशत रहा

इण्टरमीड़िएट की परीक्षाओं में कुल मिलाकर तिरासी दशमलव शून्य एक प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं जो पिछले वर्ष की तुलना में एक प्रतिशत अधिक है

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उत्तराखण्ड और सीबीएसई बोर्ड के परीक्षा परिणामों में सफल छात्र छात्राओं उनके शिक्षकों और अभिभावकों को बधाई दी है मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दौर प्रतिस्पर्धा का दौर है उन्होंने आशा व्यक्त की है कि प्रदेश की युवा शक्ति अपनी योग्यता प्रतिभा और कड़ी मेहनत से देश के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगी श्री रावत ने कहा कि अपेक्षानुसार परिणाम प्राप्त न करने वाले विद्यार्थियों को भी निराश होने की आवश्यकता नही है उन्होंने छात्रों से और अधिक संकल्प के साथ आगामी परीक्षाओं की तैयारी में जुट जाने का आह्वान किया है योजना टिहरी झील को केंद्र में रखकर कई योजनाएं बनायी जा रही हैं और इसी क्रम में अगले साल से झील में सी प्लेन उतारने की योजना भी है टिहरी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि टिहरी झील में विकास की असीम संभावनाएं हैं और यहां सी प्लेन उतारने की व्यवस्था के लिए सर्वे किया जा चुका है उन्होंने कहा कि कई फिल्मकार टिहरी सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में शूटिंग के इच्छुक हैं श्री रावत ने कहा कि टिहरी झील विश्व की सबसे खूबसूरत झील है और इस झील के माध्यम से हजारों लोगों को रोजगार दिया जा सकता है इस मौके पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि टिहरी झील भारत में एक मात्र जलाशय है जहां पर फ्लोटिंग हट्स हैं उन्होंने कहा कि भविष्य में टिहरी झील में पनडुब्बी उतारने की भी योजना है

शेष एक सौ चव्वन पोलिंग पार्टियों को कल रवाना किया जायेगा इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष जोशी ने मतदान ड्यूटी पर जाने वाले सभी पोलिंग पार्टियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये वहीं पुलिस अधीक्षक तृप्ति भट्ट ने सभी सुरक्षा कार्मिकों को निर्वाचन के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने को कहा

थराली विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत एक सौ अठहत्तर मतदेय स्थल हैं सर्वाधिक दूरी वाले मतदेय स्थलों में कनोल तोरती हरमल और खैनोली शामिल हैं मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सवेरे ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात करेंगे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा दूरदर्शन समाचार के यू टयूब चैनलों पर भी यह सुना जा सकेगा

कार्यक्रम के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जायेगा क्षेत्रीय भाषाओं में यह प्रसारण रात आठ बजे फिर सुना जा सकता है तेंदुआ पौड़ी ज़िले के चौबट्टाखाल क्षेत्र के कोलखण्डी गांव में तेंदुए ने हमला कर एक बुजुर्ग को मार डाला दोपहर लगभग बारह बजे सड़क मार्ग पर बने यात्री शेड में अकेले बैठे एक व्यक्ति पर अचानक तेंदुए ने हमला कर दिया और जंगल में खींचकर ले गया करीब दो घंटे बाद ग्रामीणों को घटना की जानकारी मिली जिसके बाद खोजबीन करने पर मृतक का शव बरामद हुआ वहीं घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए वन विभाग ने घटनास्थल के आस पास पिंजरे लगवाए और कल रात ही तेंदुए को पकड़ लिया गया बढ़ोतरी चारधाम यात्रा के लिए हेलीकाप्टर ब्रुक करने वाले तीर्थयात्रियों को पन्द्रह दशमलव एक छह प्रतिशत अधिक राशि चुकानी होगी यह वृद्धि राज्य में प्राधिकारियों द्वारा रायल्टी और पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी करने के कारण हई है इसको लेकर बिजनेस एयरक्राफ्ट आपरेटर एसोसिएशन यानि बीएओए की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया जतायी गई है एसोसिएशन ने उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलप्मेंट अथॉरिटी की ओर से जारी इस आदेश को तत्काल वापस लेने की मांग की है एक अधिकारी ने कहा कि पच्चीस हजार रूपये रायल्टी के अलावा आदेश में हेलीपैड पर हैंगर में पार्किंग शुल्क एक हजार रूपये से बढ़ाकर पांच हजार रूपये कर दिया गया है बद्रीनाथ खरसाली और बडकोट में प्रत्येक लैंडिंग के लिए शुल्क बढ़ाकर पांच हजार रूपये कर दिया गया है बीएओए के प्रबंध निदेशक कैप्टेन आर के बाली ने कहा कि रायल्टी शुल्क बढ़ाने के अचानक निर्णय ने तीर्थयात्रियों को हैरान किया है और इससे यात्रा के लिए वर्तमान योजनाओं में हेलीकाप्टर बुक ं करने वाले प्रभावित होंगे चारधाम सडक कुमाऊं आयुक्त राजीव रौतेला ने चम्पावत पहुंचकर ऑलवेदर रोड का निरीक्षण किया उन्होंने सड़क का काम निर्धारित मानकों के अनुसार करने और मॉनसून सीजन के मद्देनजर भू कटाव रोकने की लिए व्यापक उपाय करने के निर्देश अधिकारियों को दिये

श्री रौतेला ने कहा कि उनके दौरे का मकसद प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना और जनता से संवाद स्थापित करना है